छह जुलाई को होगा मतदान और प्रदेशभर में सक्रिय हुआ मॉनसून

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल और परसों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बातचीत करेंगे इस कड़ी में प्रधानमंत्री सत्रह जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पंद्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे इस दौरान कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के अलावा राज्यों की जरूरतों प्रवासी मजदूरों की वापसी और उनके लिये किये गये इंतजाम समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी बाईट देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी वर्तमान में देश में लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है देश में अनलॉक वन जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक सौ छह नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार पांच सौ इक्यासी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज नये मामलों में सबसे अधिक सोलह मुजफ्फरपुर से हैं वहीं पूर्वी चंपारण और मधुबनी से ग्यारह ग्यारह पूर्णिया से आठ दरभंगा और पश्चिम चंपारण से सात सात तथा औरंगाबाद गया सहरसा और सुपौल से पांच पांच व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है साथ ही अरवल में चार जहानाबाद किशनगंज और मधेपुरा में तीन तीन बेगूसराय खगड़िया और नालंदा में दो दो तथा बांका भागलपुर कैमूर नवादा समस्तीपुर शिवहर और सीतामढ़ी में एक एक मामले की पूष्टि हुई है अब तक चार हजार दो सौ छप्पन संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं जबकि अड़तीस लोगों की मौत हुई है आज मधुबनी और मुजफ्फरपुर में एक एक लोगों की मौत हुई मधुबनी के जिस पचपन वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है वह आठ जून को मुम्बई से लौटा था वहीं मुजफ्फरपुर में एक बहत्तर वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है वह पिछले दिनों दिल्ली से लौटा था देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब इक्यावन प्रतिशत से अधिक हो गई है कोरोना संक्रमित करीब एक लाख सत्तर हजार लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात हजार चार सौ उन्नीस लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह हजार पांच सौ दो नये मामले सामने आये हैं इसके साथ ही संक्रमित होने वालों की कुल संख्या तीन लाख बत्तीस हजार से अधिक हो गई है जबकि मरने वालों की संख्या नौ हजार पांच सौ बीस हो गई है राज्य के सभी जिलों में आज से कोरोना संक्रमण की जांच स्थानीय स्तर पर शुरू हो गयी है अभी इकतालीस जगहों पर जांच हो रही है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि जांच के लिये अस्पतालों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिये गये हैं इसके लिये आरटीपीसीआर मशीनों के साथ ही सीवी नेट और ट्रू नेट मशीनें उपयोग में लायी जा रही हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले पांच से सात दिनों में प्रतिदिन कम से कम दस हजार नमूनों की जांच होगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि कोविड उन्नीस के संदिग्ध मामलों में प्रयोगशाला से पुष्टि का इंतजार किये बिना शवों को तत्काल उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शवों का सावधानी के साथ निपटान किया जाएगा नई दिल्ली स्थित सीताराम भरतीय चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ अमरचंद बजाज ने महामारी से बचाव के लिए साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया

जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकले कोशिश करे कम से कम बाहर निकला और जब कभी निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें केन्द्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें आईसीएमआर के हवाले से नवम्बर माह में देश में कोविड उन्नीस के मामले शिखर पर होने की बात कही जा रही है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और न ही आईसीएमआर ने इस तरह की कोई रिपोर्ट ही जारी की है इन खबरों में यह भी कहा गया है कि मामले में बढ़ोतरी होने से नवम्बर माह में देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी हो जायेगी जो प्ररी तरह निराधार है पीआईबी ने लोगों से ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है विभिन्न राज्यों से आज नौ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से चौदह हजार आठ सौ प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं अब तक एक हजार पांच सौ दस श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से इक्कीस लाख से अधिक लोग बिहार पहुंच चुके हैं प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न जिलों में बनाए गए क्वारेंटीन सेंटर आज से बंद हो गये हैं राज्य के सभी प्रखंडों में पंद्रह हजार से अधिक क्वारेंटीन सेंटर खोले गये थे जिनमें पंद्रह लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को रखा गया इन केन्द्रों के बंद हो जाने के बाद अब दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को उनके घरों में ही चौदह दिन क्वारेंटीन में रखने की व्यवस्था की गयी है बिहार विधान परिषद के रिक्त नौ सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गयी है यह सभी सीटें विधान सभा कोटे की हैं चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों के लिए छह जुलाई को मतदान होगा अठारह जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी पच्चीस जून तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं छब्बीस जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उनतीस जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं मतों की गिनती छह ज़ुलाई को ही होगी आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड उन्नीस से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती का भी निर्देश दिया है गौरतलब है कि विधान परिषद के नौ सदस्यों अशोक चौधरी के के सिंह प्रशांत कुमार शाही सतीश कुमार संजय प्रकाश राधा मोहन शर्मा सोनेलाल मेहता हारून रशीद और हीरा प्रसाद बिंद का कार्यकाल छह मई को ही समाप्त हो गया था मूख्यमंत्री नीतीश कृमार ने हर पंचायत में बैंक की एक शाखा खोलने का बैंकों को निर्देश दिया है श्री कुमार आज पटना में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने वार्षिक साख योजना की उपलब्धि और साख जमा अनुपात में कमी पर नाराजगी जताते हुये इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से तत्काल राशि का हस्तांतरण लाभुकों के खाते में सुनिश्चित करने का भी बैंकों को निर्देश दिया है साथ ही उन्होंने जीविका समूहों को मिलने वाले पांच लाख रूपये तक की ऋण की सीमा को बढ़ाने और किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया श्री कुमार ने बैंकों से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज के तहत उद्यमियों को ऋण देने में तत्परता दिखाने को भी कहा समारोह को संबोधित करते हये उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों से नई शाखाएं और एटीएम खोलने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है आज सबसे अधिक बहादुरगंज में चार सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है विभाग ने प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिले बक्सर भोजपुर रोहतास भभुआ औरंगाबाद जहानाबाद अरवल और उत्तर पश्चिम जिले सारण गोपालगंज प्रर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण में ब्लू अलर्ट जारी किया है इन क्षेत्रों में साठ से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने और मध्यम स्तर की बारिश की सम्भावना है शेष हिस्सों में सामान्य बारिश होगी इधर आज बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र के नेकरा गांव में दो सगे भाई की मौत हो गयी बिहार कृषि विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन कोरोना काल में भागलपुर जिले के किसानों के लिये काफी मददगार साबित हो रहा है रेडियो पर प्रसारित सही सूचनाओं और अन्य परामर्श से किसान महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं एक रिपोर्ट बाईट भागलपुर सहित आसपास के जिलों के किसानों को कोरोना आपादा में सामुदायिक रेडियो से काफी लाभ मिल रहा है यह किसानों को समय पर तथ्यात्मक सूचनाओं के साथ कृषि के संबंधित सलाह का प्रसारण भी कर रहा है इसके अलावा लोकगीत के साथ पुराने नगमों से किसानों का मनोरंजन भी कर रहा है

स्थानीय लोगों को स्थानीय कलाकारों की आवाज में सूचना उपलब्ध करवाकर यह सामुदायिक रेडियो लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया गया पिता के के सिंह ने फिल्म अभिनेता को मुखाग्नि दी अंतिम संस्कार में फिल्म और टीवी जगत से जुड़े कई कलाकार उपस्थित थे सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया है पुलिस के अनुसार सुशांत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है सुशांत कल अपने ब्रांदा स्थित फ्लैट में मृत पाये गए थे गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में बिशुनपुर गांव के पास ट्रक और दो ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर में मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर सवार लोग औरंगाबाद जिले से तिलक समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव रेगनिया लौट रहे थे तभी तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि प्रदान कर दी गयी है इधर लखीसराय जिले के मेदनी चौकी थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में दो व्यक्तियों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और छह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि सीएसपी संचालक बैंक से पैसे निकालकर मोटरसाइकिल से दाउदपुर जा रहे थे तभी मानेमठिया गांव के पास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समस्तीपुर बाजार समिति प्रांगण में कृषि कार्यालय भवन का शिलान्यास और पूसा स्थित बाँरलाँग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया परिसर में कृषि प्रशिक्षण केंद्र भवन का उद्घाटन किया सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज के थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी सारण जिले की पुलिस ने शराब बनाने वालों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान के दौरान देशी शराब की पैंतीस भट्टियों को ध्वस्त कर सात लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं पुलिस ने मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना के चौपर गांव स्थित एक तालाब के किनारे चल रहे चुलाई शराब की भट्टी का उद्भेदन कर चार सौ लीटर अर्द्वनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गोपालगंज जिले की मांझागढ़ थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की आठ मोटरसाइकिल बरामद की है

छह जुलाई को होगा मतदान और प्रदेशभर में सक्रिय हुआ मॉनसून